झारखंड के सभी जिले रेड जोन से बाहर पाकुड़ और साहेबगंज मे अब तक कोई नही त् मिला है कोरोना पॉजिटीव मरीज

इसके बाद बसीरहाट कॉलेज मैदान में सीएम के साथ समीक्षा बैठक भी हुई जहां उन्होंने नुकसान का आकलन किया उन्होंने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल के चक्रवात प्रभावित लोगों की सुविधा और जरूरतों की पूर्ति के लिए एक हजार करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार देगी उन्होंने कहा कि यह तत्काल सहायता है इसके अलावा केंद्र सरकार और भी आवश्यक मदद करती रहेगी उन्होंने कहा कि वह पश्चिम बंगाल के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि इस कठिन समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है

इसके बाद उन्होंने भुबनेश्वर में एक समीक्षा बैठक की जिसमें तूफान पीडितों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास पर चर्चा हुई इससे पहले आज दोपहर बाद प्रधानमंत्री का भुंबनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वागत किया

बीमारी से मरने वालों की संख्या में भी कमी आ रही है

अबतक संक्रमित हुए पंद्रह मरीज स्वास्थ हो चुके है बचे हुए सात मरीजों के स्वस्थ्य होने पर आज उन्हें एक सादे समारोह के दौरान विदायी दी गयी सभी को अगले चौदह दिनों तक होम क्वारैंटाइन में रहने की सलाह दी गयी है संक्रमित मरीजों का उपचार पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर फॉर आइसुलेशन वार्ड में इलाज चल रहा था आयुष मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में संक्रमितों का उपचार हुआ और सभी लोग स्वस्थ हो गए सात मई को रिपोर्ट आई तो सात संक्रमित की पृष्टि हई पच्चीस अप्रैल को तीन और दो अप्रैल को पांच संक्रमितों की पृष्टि हई थी पलामू के सिविल सर्जन डॉ जॉन एफ केनेडी ने बताया कि पलाम में पंद्रह कोरोना संक्रमित मरीज थे

अब पलामू कोरोना मुक्त हो गया है

एक साथ पाँच कोरोना पॉजिटिव मरीज की प्रष्टि हई है उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया है कि चार कोरोना पॉजिटिव सीआईएसएफ के जवान हैं जो चौदह तारीख को दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी से बोकारो आए थे उन्हें क्वांरेटाइन सेंटर में रखा गया था जबकि एक चंद्रप्रा के तेलों का रहने वाला है वह श्रमिक स्पेशल ट्रेन से धारावी मुंबई से आया था

उपायक्त ने बताया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के परिवार सहित उनके संपर्क में आए अन्य लोगों की भी सैंपल जांच के लिए ली जा रही है सीआईएसएफ के जवान बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर ग्यारह के रहने वाले हैं

गोविंदप्र की अंचलाधिकारी वंदना भारती की लिखित शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया है यह मामला सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का है विधायक इंद्रजीत महतो मारिचो पंचायत के वनतोड़ गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर का उदघाटन करने गए थे

झारखंड सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है

ईद के पहले मदरसा शिक्षकों के भुगतान की मांग प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने की है

इस मशीन से गोड्डा में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित बीस से तीस व्यक्तियों की जांच की जा सकेगी

डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया समूह ने पिछले साल सर्वसम्मति से फैसला किया था कि भारत को तीन साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना जाएगा कार्यभार ग्रहण करने के बाद डॉ हर्षवर्धन ने वैषविक संकट के बीच अपनी चुनौती के संबंध में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि वैषविक संकट के बीच इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी का पद संभाल रहे है

हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कोयला घोटाला मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अपील की थी याचिका में चुनाव लड़ने देने की मांग भी की गयी थी जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया